कहा सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी को याद रखना चाहिए कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह त्योहार ब्राई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है कल शाम देशभर में पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया होली का त्योहार समानता और भाई चारे का संदेश देता है सभी धर्मों जाति संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं आज सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रहे हैं पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों के चौपाल तक होली के रंगों की छटा बिखर रही है अलग अलग रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत वातावरण में विशेष उत्साह भर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को होली की बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है उन्होंने कहा कि होली का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि होली का पर्व परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने का अवसर के साथ एकता भाईचारा तथा प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करेगा इधर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली प्रेम उल्लास बन्धुत्व और सामाजिक समरसता का एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें सभी लोग जीवन की मस्ती के रंगों में रंग जाते हैं इस त्योहार से हमारी सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि असत्य अहंकारऔर पाखंड पर सत्य के विजय पर्व के रूप में हजारों वर्षों से होली का त्योहार मनाते आये हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से होली का त्योहार सद्भाव और भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को लेकर भी पूलिस सतर्क है पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिये हैं पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गयी है उधर प्रशासन ने राजनीतिक दलों से कहा है कि होली के मौके पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गयी है होली पर किसी भी आपात स्थिति ने निबटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली के त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन पर रोक लगा दी है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि होली के दौरान कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने की बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है प्रदेश के तैंतीस जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ इक्यावन नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ उनतीस मामले पटना से सामने आये हैं वहीं भागलपुर से छियालीस अररिया से अठारह जहानाबाद और सीवान से पन्द्रह पन्द्रह तथा गया से चौदह पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंसठ हजार नौ सौ पचपन हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ उन्नीस मरीजों को छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख बासठ हजार छत्तीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव नौ शून्य प्रतिशत है एक मरीज की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ बहत्तर हो गया है वर्तमान में एक हजार तीन सौ छियालीस मरीजों का उपचार चल रहा है पटना में सबसे अधिक पांच सौ सड़सठ मरीज इलाजरत हैं दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि अभी देश में दो प्रकार के टीके कोविशील्ड और को वैक्सीन लोगों को दिये जा रहे हैं

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कटेंनमेंट नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हुई बैठक में विशेष रूप से उन छियालीस जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के नये मामलों का इकहत्तर प्रतिशत मामले सामने आए बैठक में यह भी बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी बाईट देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं

मैं आप सभी श्रोताओं के विचारों की सराहना करता हूँ इन सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरुर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी और सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं हमें जीना भी है बोलना भी है बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया बाईट इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था

उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है

कोरोना काल में बंद पड़ी इस ट्रेन का परिचालन एक साल बाद फिर से शुरू होगा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के महिला ट्रैप टीम इवेंट में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है श्रेयसी सिंह के अलावा टीम के अन्य सदस्यों में मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी थी इस टीम ने फाईनल मैच में कजाकिस्तान को छह शून्य की बढ़त से मात दी और अब अंत में मुख्य समाचार रंगों का त्यौहार होली पूरे प्रदेश में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है

कहा सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी को याद रखना चाहिए